मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने अंतिम जिरह की इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविद्यान पीठ ने अपना फैंसला सुरक्षित रखने का निर्णय सुनाया इससे पहले हिन्दू पक्ष की ओर से श्री सी एस वैद्यनाथन रंजीत कुमार और सुशील जैन ने दलीलें पेश कीं

सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस लेने की कोई चर्चा नहीं हुई राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण पर प्रतिदिन रिपोर्ट देने की व्यवस्था करने को कहा है हरित अधिकरण ने कहा कि हवा की विगड़ती गुणवत्ता दिल्ली एन सी आर में जानलेवा बीमारियों का कारण बन रही है पराली जलाने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सत्तर प्रतिशत बढ़ जाने से संबंधित खबर का संज्ञान लेते हुए एन जी टी ने उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा है कि ये पराली जलाने से प्रदूषण के प्रति किसानों को जागरूक करें पीठ ने कहा है कि हर वर्ष अक्तूबर नवम्बर में दिल्ली तथा आस पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है जिससे नवजात शिशुओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो जाता है विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षकर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला की शुरुआत की नई दिल्ली में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सही नीति और क्रियान्वयन से ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया कैम्पेन सफल साबित होगा डॉ हर्षक्धन ने लोगों से भोजन में नमक और घी कम करने का अनुरोध किया भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएआई ने खाद्य सुरक्षा मित्र एफएसएम योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की योजना है

बहराइच की बलहा सुरक्षित सीट से आज एक चुनावी रैली को संगेधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बहराइच में एक मेडिकल कालेज खुलवाया जिसमें बाह्य रोगियों का उपचार शुरू हो चुका है उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा श्री योगी ने अपने संबोघन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का विशेष जिक किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करके ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है क्योंकि अधिकतर हादसों का कारण असाक्षानी और मानवीय भूल होती है मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास से सड़क सुरक्षा रैली का शुभारंभ करते हुए यह बात कही श्री योगी ने कहा कि पुलिस चालान काटने को लक्ष्य न बनाए बल्कि उनकी जिम्मेदारी वाहन चालकों को जागरूक करने की है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें श्री योगी ने कहा कि आमजन की सहभागिता के बिना इस तरह के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते प्रदेश में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर फील्ड में तैनात सभी अधिकारियों की छुट्टियां आगामी तीस नवंबर तक निरस्त कर दी गई हैं शासन के नियुक्ति अनुभाग द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी किया गया इसके साथ ही सभी अधिकारियों को तीस नवंबर तक अनिवाय रूप से अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की छवि को और बेहतर बनाने के लिए तीन महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है श्री योगी ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर प्रशासनिक और पुलिस नोडल अधिकारियों की बैठक में कहा कि पिछले ढाई साल में प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है लेकिन इसे और वेहतर बनाने के लिए तीन महीने का विशेष अभियान चलाया जाए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था खराब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान के दौरान चिन्हित करते हुए उनके विरुद्व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सुशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस नोडल अधिकारी अपने निर्धारित जनपदों में जाकर पुलिस और कारागार प्रशासन की कार्यपद्वति तथा उनके बारे में आमजन की राय की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें